इस अवसर पर देश को आजाद कराने में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नेताजी राष्ट्र के पराक्रम की प्रतिमूर्ति हैं सभी देशवासियों विशेषकर युवाओं को उनके जीवन और कृतित्व से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभानी चाहिये नेताजी ने अपने जीवन और कामों से देश के लिये आहूत देने का उद्देश्य दिया था नेताजी के अद्म्य साहस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत भूमि पर आजाद सरकार की नींव रखेंगे और यह सपना सच साबित हुआ बाइट उन्होंने संकल्प लिया था भारत की जमीन पर आजाद भारत आजाद सरकार की नींव रखेंगे नेताजी ने अपना यह वादा पूरा करके दिखाया उन्होंने अंडमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फहराया जिस जगह अंग्रेज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देते थे काला पानी की सजा देते थे उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी श्रद्दाजंलि दी थी वह सरकार अखंड भारत की पहली आजाद सरकार थी प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों का कर्तव्य है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान को पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाये

इसके अलावा उन्होंने आजाद हिन्द फौज आईएनए में शामिल लोगों और स्वाधीनता सेनानियों को भी सम्मानित किया

इधर प्रदेश भर में सुभाष जयन्ती के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

श्री योगी ने कहा कि नेताजी देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिये प्रयासरत रहे तथा देश की अखंडता को बनाये रखने के लिये भी सदैव तत्पर रहे उन्हें हमेशा राष्ट्र के प्रति उनके विश्वास त्याग और पराक्रम के लिये याद किया जायेगा बलरामपुर जिले के एमएलके पीजी कॉलेज में आयोजित गोष्ठी में शिक्षकों और वक्ताओं ने नेताजी द्वारा स्वाधीनता आन्दोलन में उनके योगदान पर विचार रखे वहीं जिला भारतीय जनता पार्टो के कार्यालय में जन प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने श्री बोस के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा में बढ़चढ़ कर प्रतिभाग करने का संकल्प दोहराया झांसी के बुन्देलखंड विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम में नेताजी को श्रद्वाजंलि अर्पित की गई इस अवसर पर कुलपति जेबी वैशंपायन तथा कई जन प्रतिनिधियों ने पराक्रम दिवस के सन्दर्भ में अपने विचार रखे तथा नेताजी के जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला

नेताजी की जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति भी गठित की गई है केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी पर वर्षभर के आयोजनों के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई है शिक्षा मंत्रालय ने देश के पांच विश्व विद्यालयों में नेताजी से संबंधित पीठ स्थापित करने ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करने की योजना तैयार की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम नेताजी के स्वप्न को साकार करने संबंधी लघू फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करेगा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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ में आयोजित हुनर हाट से राज्य के दस्तकारों और कारीगरों को अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये एक बेहतर मंच मिला है श्री योगी आज लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रलालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित हुनर हाट का औपचारिक शुभारम्भ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बुनियादी कदम है उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल से न केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगो बल्कि राष्ट्र को मजबूती भी हासिल होगी इस अवसर पर केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इन हनर हाटों के आयोजन से न केवल परम्परागत हस्तशिल्पियों को आर्थिक फायदा मिलेगा बल्कि विविधता में एकता के रूझान को बल मिलेगा श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट योजना के ज़रिये अब तक देश में पांच लाख से भी ज्यादा दस्तकारों और शिल्पियों को रोजगार मिला है इस तरह की हुनर हाट भारत के बाहर कई देशों में भी आयोजित की जायेंगी

और विवरण हमारे संवाददाता से राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हुनर हाट नामक इस मेले में कला व्यंजन और संस्कृति का अनूठा संगम है जो आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित है इस प्रदर्शनी में देशभर के विभिन्न कोनों से शिल्पियों और दस्तकारों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को सजाया गया है

हुनर हाट का उद्देश्य प्रतिभाशाली कलाकारों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के विश्वसनीय ब्राण्ड का निर्माण भारतीय धरोहर को बढ़ावा देने वाले कारीगरों व शिल्पकारों की उन्नति तथा उन्हें सशक्त बनाते हुए उनको लघु उद्यमी के रूप में विकसित करना है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने के कार्य के प्रथम चरण में कल एक लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगायी गयी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में मीडिया को इसकी जानकारी दी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राज्य सरकार की कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की कार्य योजना कारगर सिद्ध हो रही है

उन्होंने बताया कि संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही है कल उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है

रोजगार और उद्यम से जुड़ी हर जानकारी अब युवाओं को मोबाइल की एक क्लिक पर हासिल हो जायेगी इस ऐप के लांच का उद्देश्य पदेश की योगी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और व्यापार का सबसे हाईटेक प्लेटफार्म मुहैया कराना है ओडीओपी योजना के तहत तैयार इस ऐप में किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा मिल सकेगा इसके अलावा स्वरोजगार शुरू करने के लिये प्रदेश सरकार की सहायता और विशेषज्ञों की राय लेने की सुविधा भी इसमें मौजूद होगी बाराबंकी जनपद के निन्दूरा ब्लाक के छिलगवां स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का कल लोकार्पण किया गया इस विद्यालय का जीर्णोद्वार और निर्माण पावर ग्रिड कारपोरेशन लखनऊ द्वारा किया गया है

लोकार्पण कार्यक्रम में ग्रिड कारपोरेशन के मुख्य महाप्रबंधक पंकज पाण्डेय और खंड शिक्षा अधिकारी ने बतौर अतिथि भाग लिया

समाप्त